इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिएए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है उन्होंने सम्पूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा का संचार किया

इस अवसर पर केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन होगाए जिसे भारत के लोग चलाएंगे अमृत महोत्सव प्रदेश वहींम्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आजादी के अमृत महोत्सव के श्भारंभ अवसर पर शौर्य स्मारक आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में एनसीसी और एनएसएस आरंभ करने के प्रयास किये जाएंगे श्री चौहान ने रीजनल आउटरीच ब्यूरोभोपाल द्वारा आयोजित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया

उन्होंने नगरीय निकायों में विकास कार्यो का भूमिपूजन और शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश योजनाओं के क्रियान्वयन में पहले नम्बर पर है उमरिया खंडवा देवास सतना पन्ना और धार सहित अन्य जिलों से भी नगरोदय उत्सव मनाए जाने के समाचार मिले हैं उच्चतम न्यायालय च्नाव उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि किसी भी राज्य में च्नाव आय्क्त स्वतंत्र व्यक्ति होने चाहिए और उनकी निय्क्ति राज्य सरकार को नहीं करनी चाहिए न्यायालय ने गोआ में स्थानीय निकाय च्नावों से संबंधित मामले की स्नवाई करते हए ये बात कही

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल हनर हाट का औपचारिक उदघाटन करेंगे

इंग्लैंड टवेंटी टवेंटी की विश्व रैंकिंग में पहले नम्बर की टीम है जबकि भारत द्रसरे नम्बर पर है विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने इंग्लैंड के साथ टैस्ट क्रिकेट श्रृंखला तीन एक से पहले ही अपने नाम कर ली है